प्रयागराज में दिव्यांगजनों को निशुल्क सहायता उपकरण वितरित करने का भी है कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा विधानसभा में भी संसदीय प्रणाली की तर्ज पर बजट एवं अन्य विषयों पर होनी चाहिए चर्चा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नागरिकता संशोधन कानून से किसी भी मुस्लिम या अल्पसंख्यक की नागरिकता नहीं जायेगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पूरा विश्व आज आतंकवाद के खिलाफ हो रहा है एकजूट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री चित्रकूट में बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखेंगे और पाइप पेयजल परियोजना का श्मारंभ करेंगे बन्देलखंड एक्सप्रेस वे चित्रकूट के भरतकूप से इटावा होकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कुंदरैल के पास मिलेगा लगभग चौदह हजार छ ं सौ सत्ताईस करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले इस दो सौ छियानवे किलोमीटर लम्बे एक्सप्रेस वे के जरिये दिल्ली सहित देश के दूसरे हिस्सों तक लोगों की पहुंच आसान हो जायेगी प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में आशा व्यक्त की है कि बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण से क्षेत्र के य्वाओं को विकास का नया आयाम मिलेगा साथ ही उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारे के विकास में भी यह सहायक सिद्व होगा प्रधानमंत्री आज चित्रकूट से ही देशभर के दस हजार किसान उत्पादक संगठनों का श्मारम करेंगे प्रधानमंत्री इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी सौंपेंगे और विवरण हमारे संवाददाता से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वित्रकूट जिले के मरतकूप इलाके के गॉडा गांव में आज जिन योजनायों की शुरुआत करने जा रहे हैं वो इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगी जिसे अब तक प्रदेश के सबसे पिछड़े इताकों में शुभार किया जाता है हर घर जल योजना के जरिये हर घर तक पीने का पानी पाइप के जरिये पहुंचाये जाने के साथ ही सूखा प्रभावित बुंदेलखंड के छह जिलों में अटत मूजल योजना के जरिए बेहतर जल प्रबंधन किया जायेगा

इस एक्स्प्रेसर्वे के जरिये बुंदेलखंड का इलाका राष्ट्रीय राज्यानी बैत्र दिल्ली से आगरा लखनऊ एक्स्प्रेसवे और यमुना एक्स्प्रेसवे के जरिये जुड़ जायेगा और इस क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निमायेगा सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार चित्रकूट प्रधानमंत्री एक अन्य कार्यक्रम में प्रयागराज में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को तथा दिव्यागों के लिए उपकरण सहायता योजना एडीआईपी के तहत निःशुल्क सहायता उपकरण वितरित करेंगे प्रधानमंत्री यहां मौजूद चुनिंदा दिव्यांगजनों और वृद्वजनों से बातवीत भी करेंगे प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के मददेनजर चित्रकूट और प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार प्रयागराज

उन्होंने कल विधानसभा में दिए अपने बयान में कहा कि आवश्यकतानुसार विवानसभा में संसद की तर्ज पर कमेटी प्रणाली लागू की जानी चाहिए जिससे नये सदस्यों को भी अपने विचार रखने का मौका मिले साथ ही संबंधित विषयों पर कमेटी में विस्तृत चर्चा हो सके मुख्यमंत्री ने सदन में विधायक निधि को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ रूपये करने का भी प्रस्ताव रखा उन्होंने कहा कि विधायकों की सहमति से विभिन्न विभागों के विकास कार्यो के प्रस्ताव शामिल किये जायेंगे मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही कित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाये जाने का विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया इस समिति में दलीय नेता शामिल होंगे और यह समिति विधायक निधि से संबंधित नियमावली पर विचार करेगी इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस समिति के द्वारा ही क्विायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते से संबंधित सिफारिश सरकार को देने का प्रस्ताव किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने पन्द्रह हजार करोड़ रूपये की निधि से प्रदेश में पाइप द्वारा हर घर को जल पहुंचाने की घोषणा की है उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसमें केन्द्र सरकार सहयोग कर रही है उन्होंने सदन को बताया कि बुंदेलखण्ड और विंध्य क्षेत्र से इस योजना को शुरु किया जा रहा है वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का बजट पारित करने के साथ ही विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया गया

उन्होंने विधायक निधि को दो करोड़ रूपये से बढ़ा कर तीन करोड़ रूपये करने की घोषणा की जिसका सभी सदस्यों ने स्वागत किया विधान परिषद में कल लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में शिक्षक दल समेत समी विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में सड़कों की खराब स्थिति का मुददा उठाया जिसका जवाब देते हए श्री मौर्य ने कहा कि सड़कों को गडढामुक्त करना हमारी प्राथमिकता है उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षो में सात हजार उन्सठ करोड़ रूपये खर्च कर के इक्कीस हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़कों पर मरम्मत का कार्य किया जा रहा है उन्होंने बताया कि सभी जिलों में ग्णवत्तापूर्ण सड़के बनाई जा रही है

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विफ्ष पर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में भ्रम की स्थिति बनाने का आरोप लगाया है कल भूवनेश्वर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि इस कानून से किसी भी मुस्लिम या अल्पसंख्यक की नागरिकता नहीं जाएगी उन्होंने कहा कि यह कानून नागरिकता देने के लिए बनाया गया है मैं आज छिर से यहां रिपिट करता हूं सी ए ए से इस देश के एक भी मुसलमान का एक भी माइनॉरिटी का नागरिकता का अधिकार नहीं जाने वाला है क्योंकि सी ए ए नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं नागरिकता देने का कानून है

कल नई दिल्ली में एक संगोध्वी को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में पाकिस्तान पर सामूहिक राजनयिक दबाव पड़ा है उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान को खुले तौर पर आतंकवाद के लिए जिम्मेदार नहीं बताया जाएगा वह अपनी दोगली और धोखाघड़ी की नीति जारी रखेगा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए पूरी दुनिया एकपुट हो रही है और वैश्विक शांति के लिए पाकिस्तान जैसे देखों के खिलाफ हमें दुनिया के बड़े देशों का समर्थन भी हासिल हो रहा है निर्मया मामले के एक दोषी पवन कुमार ने उच्चतम न्यायालय में क्युरेटिव याचिका दायर कर मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की है उसने इस मामले में निचली अदालत के तीन मार्च को फांसी देने के वारंट पर रोक लगाने की भी मांग की है निचली अदालत ने पवन कुमार और उसके तीन साथियों के मृत्युदंड के आदेश जारी किए हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयां इन दिनों प्रदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं ऐसा ही एक कार्यक्रम इस सप्ताह आगरा के अछनेरा में आयोजित हआ एक रिपोर्ट इस सप्ताह क्षेत्रीय लोकसंपर्क ब्यूरो अलीगढ़ की और से आगरा के अछनेरा विकास खंड में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इसके माध्यम से तोगों मेघातय और अरुणावत प्रदेश की संस्कृति पहनावा और रहन सहन के तरीकों के बारे में बताया गया कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने इन दोनों राष्यों के लोकगीतों पर वहीं के परिषान पहनकर सुन्दर नृत्य प्रस्तुत किया बच्चों ने राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए गीत और नाटक भी प्रस्तुत किये कार्यक्रम में विशिष्ठ अतिथि अछनेरा नगरपालिका के चेयरमैन अशोक अग्नवाल ने कहा जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसके दवारा पूरे देश में जो हमारे राज्य हैंए वो दूसरे राज्यों से एक दूसरे की संस्कृति को पहचानेंगे और जिससे आपस में एक दूसरे के पास आएंगे जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो बहत ही प्रशंसनीय और बहत ही अन्करणीय हैं

जनपद मऊ की सभी छह सौ पचहत्तर ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जायेगा मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह वर्मा ने बताया कि स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो दो शौचालय बनाये जायेंगे